हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पानी के संकट से निजात पाने के लिए मेरा पानी मेरी विरासत योजना शुरू की है हरियाणा से प्रवासी मज़दूरों को उनके पैतृक राज्यों में छोड़ने के लिए हिसार से कटिहार के लिए पहली रेलगाड़ी रवाना हुई

हस पैकेज में महिलाओं गरीब लोगों और किसानों के लिए मुफ्त अनाज और नकद राशि की घोषणा की गई थी

केन्द्र ने कहा है कि अरोग्य सेत् एप्प में डाटा चोरी या सुरक्षा के खते की कोई बात सामने नहीं आई है

सरकार ने कहा है कि वह लगातार एप्प के प्लेटफार्म को अपग्रेड कर रही है आरोग्य सेत् टीम ने भी सबको विश्वास दिलाया कि एप्प में डाटा चोरी या स्रक्षा का कोई खतरा नहीं है केन्द्र सरकार ने वस्त् एंव सेवाकर जीएसटी के लिए वार्षिक रिर्टन दाखिल करने और देश में वस्त्ओं की आवाजाही के लिए और ढील देने की घोषणा की हे

यह छूट जरूरी वस्तुओं की आपूर्ति के लिए सड़क परिवहन की निर्वघ्न आवाजाही की अनुमति देगी हरियाणा के म्ख्यमंत्री मनोहर लाल ने पानी के संकट से निजात पाने और भ्र जल के स्तर को और नीचे जाने से रोकने के लिए मेरा पानी मेरी विरासत योजना श्रू की है

म्ख्यमंत्री ने कहा कि धान की ब्आई कम करने वाले क्षेत्रों में कैथल सिरसा रतिया शाहबाद पिपली सहित आठ खंड च्ने गये है जबकि पिहोवा जाखल थानेसर में धान की ब्आई की मनाही होगी म्ख्यमंत्री ने कहा कि सतल्ज यम्ना लिंक नहर के लिए लड़ाई जारी है ताकि प्रदेश में पानी की कमी को पूरा किया जा सके

मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना काल में किसानों की जिम्मेदारी बढ़ी है और उन्हें सहयोग के लिए आगे आना चाहिए

उन्होंने कहा कि मज़द्रों को भेजने की निशुल्क व्यवस्था की जा रही है द्काने ख्लने पर उन्होंने कहा कि लोगों को आत्म अन्शासन अपनाना होगा और सावधान रहना होगा

हरियाणा से प्रवासी मज़द्रों को उनके पैतृक राज्यों में छोड़ने के लिए पहली रेलगाड़ी आज हिसार से बिहार के कटीहार के लिए रवाना हई है

विभिन्न जिलों से हमारे संवाददाताओं ने बताया कि अम्बाला भिवानी रोहतक और हिसा से कटिहार भागलप्र और म्ज़फ्फरप्र के लिए सात और आठ मई को भी रेलगाड़ियां चलेगी

एक गाड़ी आज हिसार से रवाना हो गई है

इन गाडियों में जाने वाले कर्मियों केा पीपीई किट दिये जा रहे है भिवानी से हमारे संवाददाता ने बताया कि भिवानी से रेलगाड़ी सीधी गया जायेगी अम्बाला के उपाय्क्त अशोक क्मार शर्मा ने कहा कि अम्बाला छावनी से कल चलने वाली श्रमिक रेलगाड़ी के लिए सारी तैयारियां मुकम्मल कर ली गई है

तमिलनाड् में फंसे दो छात्र उप म्ख्यमंत्री द्ष्यंत चौटाला की मदद से चरखी दादरी में वापस लौट आये है छात्रों ने टवीट कर म्ख्यमंत्री और उप म्ख्यमंत्री से राशन व पैसा खतम होने पर मदद की ग्हार लगाई थी छात्रों ने दादरी पहंचने पर उप मुख्यमंत्री का आभार जताते हये कहा कि उन्होंने त्रंत उनके टवीट का संज्ञान लेकर उन पास राशन पहुंचाया और वापसी का इंतजाम किया

फरीदाबाद से हमारे संवाददाता ने बताया कि एक व्यक्ति कोरोना पोजिटिव पाया गया है करनाल में भी पांच नये पोजिटिव मामले समाने आये है ये सभी तरावड़ी के गांव पधाना के रहने वाले है

अम्बाला मे भी एक नौ वर्ष की बच्ची सहित चार लोगों को रिपोर्ट भी पोजिटिव आई है सिविल सर्जन डा क्लदीप ने बताया कि ये लोग हाल ही में नादेड़ से लौटे थे

उन्होंने इस राशि का चैक उपाय्कत जितेन्द्र क्ंमार को सौंपा है

रिश्तेदार भी उन गांवों में नहीं आ सकेंगे जिला के गांव ल्हाना के सरपंच मदन सिंह ने कहा कि गांव की सीमाओं को सील कर दिया है और खेतों में जाने वाले लोगों को ही वहां से ग्जरने दिया जाता है

चंडीगढ़ के प्रशासक के सलाहकार मनोज परिदा ने एक टवीट के माध्यम से स्पष्ट किया है कि कार में तीन सवारियों के बैठने की अन्मति है और ये तीसरी सवारी पर निर्भर करता है कि उसे अगली या पिछली किस सीट पर बैठना है

आज दादरी रोहतक सड़क पर गांव रनकोली के नज़दीक एक तेज़ रफ्तार कार का संतुलन गिड़ने से वह कई बार पलटती ह्ई पेड़ से जा टकराई कार में अगली सीट पर बैठकी महिला की सिर में गंभीर चोट लगने से मृत्य् हो गई जबकि कार चला रहा उसका बेटा गंभीर रूप से घायल हो गया